गोआ के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया लम्बी बीमारी के बाद कल उनका निधन हो गया था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी ने गोआ पहुंच कर श्री पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शोक संतृप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने श्री पर्रिकर के निधन पर संवेदना व्यक्त की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में दिवंगत नेता के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया मंत्रिमंडल ने संवेदना संदेश में कहा कि देश ने अनुभवी और कुशल नेता खो दिया है उन्हें लोग प्यार से आम जनता का मुख्यमंत्री कहकर बुलाते थे संदेश में कहा गया है कि पर्रिकर सरल और योग्य प्रशासक के रूप में याद किए जाएंगे आध्निक गोआ और देश की सशस्त्र सेनाओं के आध्रनिकीकरण तथा पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवार और गोआ की जनता के प्रति समूचे देश की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री पर्रिकर के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है उन्होंने अपने शोक सन्देश में कहा कि गोआ के मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी श्री पर्रिकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है केन्द्र सरकार ने श्री पर्रिकर के सम्मान में आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा प्रदेश में लोक सभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रकिया आज से शुरू हो गयी है आज किसी भी संसदीय सीट के लिए नामांकन नहीं भरे गये हालांकि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र लिये गये

और जानकारी हमारे लखनऊ संवाददाता से प्रदेश के पश्चिमी इलाके की आठ सीटों के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है जिसमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बागपत गाजियाबाद मेरठ बिजनौर और गौतम बुद्ध नगर सीट शामिल हैं

होली के अवकाश और दो अन्य छुट्टियों की वजह से प्रत्यााशियों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ चार दिन ही उपलब्ध होंगे

इसी के साथ नामांकन प्रकिया शुरू हो गयी है जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल ढोंगरा न बताया कि नामांकन प्रक्रिया के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

डीएम कोर्ट स्थित नामांकन कक्ष और उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है नामांकन वापस लिये जाने के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा नामांकन के पहले दिन आज किसी भी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल नहीं किया जबकि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र लिये गये निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल अटठारह लाख छाछठ हजार छह सौ सत्तर वॉल राइटिंग पोस्टर्स और बैनस सार्वजनिक और निजी स्थानों से हटा दिये गये हैं या ढक दिये गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने आज लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आयकर पुलिस आबकारी और नार्कोटिक्स विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक चार करोड़ उन्यासी लाख अट्ठासी हजार छह सौ बाइस रूपये जब्त किये गये हैं इसी तरह से बारह करोड़ सडसठ लाख रूपये कीमत की तीन लाख छियासी हजार लीटर से अधिक की शराब जब्त की गयी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत अब तक दो लाख अट्ठारह हजार से अधिक लाईसेंसी शस्त्र जमा कराये गये हैं और एक सौ छियासी लोगों के शस्त्र लाईसेंस निरस्त किये गये हैं उन्हाने बताया कि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत सात लाख लोगों को पाबंद किया गया है और सात हजार बान्नबे लोगों पर गैर जमानती वारंट तामील कराया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब तक तीन हजार एक सौ छियालीस किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गयी है

इस चरण में प्रदेश की नगीना बुलंदशहर हाथरस और आगरा सुरक्षित सीटें हैं दूसरे चरण में प्रदेश के आठ निर्वाचन क्षेत्रों में एक करोड़ चालीस लाख मतदाता हैं जिनमें पचहत्तर लाख तिरासी हजार पुरूष चौसठ लाख बान्नबे हजार महिला और आठ सौ अठहत्तर थर्ड जेंडर मतदाता है इन क्षेत्रों में कुल आठ हजार सात सौ इक्यावन मतदान केन्द्र और सोलह हजार एक सौ बासठ मतदेय स्थल हैं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

आजमगढ़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के मुकेरीगंज इलाके में कल शाम पटाखे की दुकान में आग लगने से सात लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है मृतकों में एक ही परिवार की दो सगी बहिनें भी शामिल हैं पटाखे की दुकान में लगी आग को दमकल विभाग की चार गाड़ियों ने कई घंटा की मशक्कत के बाद काबू किया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रयागराज से अपने तीन दिवसीय चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की उन्होंने जल मार्ग से प्रयागराज जिले के मनइया गांव से यात्रा शुरू की इस दौरान उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों के संग वोट पर चर्चा की और गंगा के किनारे रहने वाले समुदाय के लोगों से बातचीत की अपनी यात्रा के दौरान पियंका गांधी ने संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान मन्दिर में पूजा अर्चना भी की कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चुनावी अभियान को सच्ची बात प्रियंका के साथ नाम दिया है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में उन सात लोकसभा सीटों के बारे में गलतफहमी पैदा न करें जिन्हें उसने बसपा सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए छोड़ा है एक प्रेस विज्ञप्ति में बसपा प्रमुख ने अपनी पार्टी का यह निर्णय दोहराया कि वह उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में सपा रालोद और बसपा के गठबंधन के खिलाफ सात सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है वाराणसी में होली मनाने की अपनी एक अलग परंपरा है यहां रंग भरी एकादशी से होली पर्व की शुरूआत हो जातो है काशी विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों घरों और शमशान घाटों पर अबोर गुलाल उड़ने शुरू हो गये हैं मणिकर्णिका घाट पर भक्तों ने बाबा मशान नाथ को विधिवत् भस्म अबीर गुलाल और रंग लगाकर डमरूओं की गूॅज के बीच भव्य आरती की भक्तों ने हर हर महादव नारे के साथ एक दूसरे को चिता की भस्म लगायी